विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री ने विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम के बीच तीखी नोक झोंक हुई जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में अधिकांश सेवा विस्तार व पुनःनियुक्ति नियमों के आधार पर नहीं हुई और राजनीतिक आधार पर सेवा विस्तार व पुर्ननियुक्तियां दी गईं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा परेशान करने वाला है तथा स्थिति बहुत ही विचित्र है वॉ कआउट प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज विपक्ष ने प्रश्रकाल समाप्त होने के तुरंत बाद तबादलों को लेकर सदन से वाकआऊट किया

इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया इस दौरान विपक्षी कांग्रेस सदस्य अपनी सीट पर नारे लगाने लगे और सदन से बाहर चले गए मगर कुछ ही समय बाद सदन में लौट आए शोकोदगार शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज पूर्व विधायक कृष्णा मोहिनी के निधन पर शोकोदगार हुआ सदन में सदस्यों ने उनके निधन पर कुछ क्षण मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की सदस्यों ने कांग्रेस विधायक आशा कुमारी की माता को भी श्रद्वांजलि दी जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृष्णा मोहिनी सोलन से दो बार विधायक रहीं और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करवाने में अहम भूमिका निभाई मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक आशा कुमारी की माता के निधन पर भी शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि दी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोदगार में हिस्सा लेते हुए कहा कि कृष्णा मोहिन कांग्रेस पार्टी में विभिन्न ओहदों पर काबिज रही और पार्टी को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है कांग्रेस में उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा अग्निहोत्री ने कांग्रेस विधायक आशा कुमारी की माता के निधन पर भी शोक जताया विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री रहे विपिन परमार आज निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा के तीन मंत्रियों ने इसके लिए प्रस्ताव रखा और भाजपा विधायकों ने इसका अनुमोदन किया बाद में सर्वसम्मति से विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री नवनियुक्त अध्यक्ष को आसन पर ले गए और उन्होंने कार्यवाही संभाली विपिन परमार के आसन पर बैठने के बाद मुख्यमंत्री सहित अन्य सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह सतापक्ष व विपक्ष दोनों में संतुलन बनाकर श्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष साबित होंगे नवनियुक्त अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि वह तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका कुछ अलग है इसे वह तभी सफलतापूर्वक निभा सकते हैं जब सभी का सहयोग मिलेगा